वर्तमान में नगर पालिक निगम रायपुर भिलाई और बिलासपुर में महिलाओं के लिए एक एक दाई दीदी क्लीनिक शुरू की जा रही है महिलाओं के लिए शुरू की जाने वाली यह स्पेशल मेडिकल मोबाइल क्लीनिक देश में अपनी तरह की पहली अनूठी क्लीनिक होगी क्लीनिक की गाड़ियों में केवल महिला मरीजों को ही निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी दाई दीदी क्लीनिक गाड़ियों में केवल महिला स्टाफ ही तैनात रहेंगी इस क्लीनिक के शुरू होने से महिला श्रमिकों और स्लम क्षेत्रों में निवासरत् महिलाओं तथा बच्चियों को अपने घर के निकट ही महिला डॉक्टरों के माध्यम से इलाज की सुविधा मिलेगी इस क्लीनिक का संचालन मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत किया जाएगा वहीं मुख्यमंत्री कल प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन वितरण भी करेंगे इस दौरान शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार योजना के तहत कुल चार हजार मेधावी विद्यार्थियों के खाते में लगभग साढ़े आठ करोड़ रूपए की राशि अंतरित की जाएगी

वन विभाग द्वारा राजधानी रायपुर से लगभग चालीस किलोमीटर दूर खरोरा तिल्दा मार्ग पर स्थित मोहरेंगा वनक्षेत्र में लगभग पांच सौ पचपन हेक्टेयर में यह नेचर सफारी विकसित की गई है वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि नेचर सफारी मोहरेंगा के हरे भरे जंगल में साजा खैर तेंदू सेमहा चार बेल धावड़ा आंवला बरगद इमली महुआ अर्जुन और बांस प्रजातियों के पेड़ मौजूद हैं इस क्षेत्र में वन्यप्राणियों के लिए चार तालाब बनाए गए हैं साथ ही चार मंजिला वाच टॉवर पैगोडा बायोडायवर्सिटी हॉल और भव्य प्रवेश द्वार के साथ ही पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की गई हैं टेनिस अकादमी लोकार्पण राजधानी रायपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के पास चार एकड़ भूमि में टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी का निर्माण किया जाएगा इसके लिए खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा सत्रह करोड़ पचहत्तर लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यादेश जारी किया गया है अकादमी का निर्माण पंद्रह महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी का भूमिपूजन करेंगे मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मुलाकात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नागपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में तीन नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया इनमें रायगढ़ घरघोड़ा धरमजयगढ़ पत्थलगांव मार्ग अंबिकापुर वाड्रफनगर बम्हनी रेन्कूट बनारस मार्ग और पंडरिया बजाग गाड़ासरई मार्ग शामिल हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि ये मार्ग आदिवासी बहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं और भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रस्तावित मार्गो को भी जोड़ते हैं

इन मार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग और सैद्धांतिक राष्ट्रीय राजमार्गो के चौड़ीकरण उन्नयन तथा पुनर्निमाण के लिए ग्यारह हजार चौबीस करोड़ रूपये के प्रस्तावित कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया श्री बघेल ने भारत माला योजना के तहत रायपुर दुर्ग बायपास से प्रभावित भू स्वामियों को मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान करने का भी अनुरोध केंद्रीय मंत्री से किया मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण और उन्नयन के लिए चिन्हित पांच नई सड़कों को वर्ष दो हजार बीस इक्कीस की वार्षिक कार्ययोजना में शामिल करने की भी मांग की

यह सत्र तीस दिसंबर तक चलेगा इस दौरान कुल सात बैठकें होंगी इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है अधिसूचना के मुताबिक इस सत्र में वित्तीय और शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे साथ ही कोरोना संक्रमण की स्थिति और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है विश्व शौचालय दिवस कल विश्व शौचालय दिवस है इस अवसर पर राज्य स्वच्छता पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा प्रदेश के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा अट्ठारह विभिन्न श्रेणियों में चयनित विजेताओं को कुल चार करोड़ पैंतीस लाख रूपए के पुरस्कार दिए जाएंगे उल्लेखनीय है कि राज्य स्वच्छता पुरस्कार दो हजार बीस के तहत पच्चीस जुलाई से दो अक्टूबर तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं अट्ठारह श्रेणियों में आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब तीन हजार से ज्यादा संस्थाओं और व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था दुर्ग में जिला स्तरीय सत्यापन समिति द्वारा जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन किया गया है वहीं जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागियों का नामांकन राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए भेजा गया है वहीं केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय द्वारा दुर्ग जिले के ओडीएफ ग्राम रिसामा का चयन सरपंच संवाद के लिए किया गया है कल सुबह साढ़े ग्यारह बजे जिला एनआईसी सेंटर में वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत रिसामा की सरपंच गीता महान्दा से चर्चा करेंगे नीति आयोग सराहना नीति आयोग नई दिल्ली की सलाहकार संयुक्ता समद्दर और अन्य अधिकारियों ने राज्य सरकार की सुराजी गांव योजना के तहत रोजगार सुजन और गांवों के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है सुश्री समद्दर ने अधिकारियों के साथ रायपुर जिले के ग्राम सेरीखेड़ी और बैहार स्थित गौठानों का अवलोकन किया और स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की महिलाओं ने बताया कि सेरीखेड़ी के आजीविका केन्द्र में समूह द्वारा साबून सैनिटाईजर अगरबत्ती निर्माण मशरूम उत्पादन और सिलाई कढ़ाई का कार्य किया जा रहा है इसमें दो सौ से अधिक महिलाओं को रोजगार मिल रहा है

प्रदेश में कल एक हजार सात सौ इक्कीस नये मरीजों की पहचान की गई वर्तमान में साढ़े अट्ठारह हजार से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है प्रदेश में कोरोना से अब तक दो हजार छह सौ तेईस लोगों की मौत हो चुकी है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ रहे हैं लेकिन आम लोग अभी भी लक्षण आने के बाद भी कोरोना की जांच तुरंत कराने में लापरवाही बरत रहे हैं जबकि विशेषज्ञ बार बार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि लक्षण आने के चौबीस घंटे के भीतर जांच कराना बेहद जरूरी है यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर ने बताया कि यदि लक्षण दिखने के चौबीस घंटे के अंदर जांच नहीं कराई जाए और इलाज शुरू नहीं हो तो कोरोना संक्रमण अत्यंत घातक साबित हो सकता है उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति जब कोरोना पॉजीटिव मरीज के संपर्क में आता है तब अगले पांच दिन के भीतर उसमें सर्दी बुखार और सूंघने की क्षमता कम होना आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं ऐसे में बाहर जाते समय मास्क पहनना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना अत्यंत जरूरी है इस बीच छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार सतीश जायसवाल ने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

रायपुर मे आज हुई कार्यकारिणी कोर ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में कार्यकारिणी का भी पुनर्गठन किया गया है वहीं अजीत फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी आगामी नौ दिसंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा इसके अलावा मोर्चा प्रकोष्ठ का नये सिरे से नामकरण किया गया है साय कौशिक बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने अभनपुर के केन्द्री गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव मिलने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया है उन्होंने इस घटना के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और इस मामले की निष्पक्ष तथा स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू कल ग्राम केन्द्री जाएंगे और वहां मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर घटना के संबंध में जानकारी लेंगे

जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने उसूर थाना क्षेत्र के टेकमेटला के जंगल से इस माओवादी को विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया वहीं दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर कोंडासावली मार्ग पर सुरक्षा बलों ने पांच पांच किलो के चार आईईडी बरामद किए हैं जिला पुलिस बल डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और सीआरपीएफ की दो सौ इकतीसवीं बटालियन के जवानों ने तलाशी अभियान के दौरान इन बमों को बरामद किया जिसे बाद में बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया छठ पर्व छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में चार दिन का छठ पर्व आज परंपरागत नहाए खाये अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है यह पर्व शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है स्नान करने के बाद श्रद्वालु नहाय खाये की रस्म के तहत अरवा चावल चना दाल और लौकी जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं कल खरना मनाया जाएगा उसके बाद बहत्तर घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा जो शनिवार की सुबह समाप्त होगा कोरोना के संक्रमण के खतरे के मद्देनजर सभी श्रद्धालुओं को बचाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है राज्य सरकार ने छठ पर्व को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं

उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे छठ पूजा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीरांगना लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता को याद करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने मातृभूमि की रक्षा और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहूति दी उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई का अदम्य साहस और शौर्य आज भी प्रेरणा देता है वहीं मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी के देश के प्रति योगदान को याद करते हुए कहा है कि उन्होंने आजीवन गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास किया तथा देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया मौसम प्रदेश में अब जल्द ही ठंड के दस्तक देने की संभावना है प्रदेश के उत्तरी हिस्से में आगामी चौबीस घंटों के दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है वहीं बाकी हिस्सों के तापमान में भी गिरावट आने के आसार हैं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दक्षिण पूर्व से नमीयुक्त और गर्म हवा आने के कारण हल्के बादल तथा तापमान में वृद्धि देखी जा रही है आने वाले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रहेंगे वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं

सैनिक स्कूल अंबिकाप्र में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा छठवीं और नवमीं में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र कल उन्नीस नवंबर तक जमा किए जा सकते हैं महासमुंद जिले की उड़ेला सोसायटी में एक करोड़ रूपये से अधिक के धान की अफरा तफरी के मामले में सहायक व्यवस्थापक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है श्रम विभाग की टीम ने महासमुंद जिले से पलायन कर उत्तरप्रदेश जा रहे छियासठ मजदूरों को रोका है इन मजदूरों को एक व्यक्ति द्वारा काम दिलाने के नाम पर उत्तरप्रदेश ले जाया जा रहा था जिसे नोटिस जारी किया गया है महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र में दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिडंत में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं राजनांदगांव जिले में बाघनदी थाना क्षेत्र के सड़क बंजारी के पास ट्रक और कार में टक्कर होने से एक युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं राजनांदगांव जिले में छुईखदान क्षेत्र के ग्राम जोम में मां बेटी की हत्या का मामला सामने आया है पुलिस मामले की जांच में जुट गई है सरगुजा जिले में कोतवाली पुलिस ने करीब सत्रह लाख रूपये कीमत की नशीली दवाओं और इंजेक्शनों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले में खाद्य विभाग की टीम ने पीडीएस के पांच सौ नग बारदाना जब्त किया है और कबीरधाम जिले में सहसपुर लोहारा पुलिस ने लकड़ी का अवैध परिवहन कर रहे एक वाहन को जब्त किया है